महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि बाल यौन उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति किसी भी समय शिकायत दायर कर सकता है चाहे उसकी मौजूदा आयु कुछ भी हो उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों की सूचना पॉक्सो ई बॉक्स के जरिए दी जा सकती है एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अन्सार महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से सलाह ली थी

यह कानून बालक और बालिका दोनों पर लागू होता है और इसके तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षित रखने क कानूनी प्रावधान किए गए हैं

राजस्व एवं राहत विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश चन्द्रा ने बताया कि वन्य जीव की श्रेणी में बाघ शेर तेन्दुआ भेड़िया लकड़बग्घा हाथी मगरमच्छ गेंडा और जंगली सुअर को शामिल किया गया है श्री चन्द्रा ने बताया कि वन्य जीव के आक्रमण से मृतक के परिजनों को पांच लाख रूपये की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जायेगी और मृतक के मामले में वन विभाग एक लाख रूपय की राशि स्वयं के बजट से राजस्व विभाग को देगा पीड़ित परिवार को सहायता राशि का भूगतान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के चौबीस घंटे के भीतर आरटीजीएस के माध्यम से दिया जायेगा प्रदेश के संसदीय कार्य नगर विकास शहरी समग्र विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री सुरेश खन्ना ने आज गोरखपुर शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया

उन्होंने वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार के स्थानान्तरण के लिए पत्र भेजने का भी निर्देश दिया इसके साथ ही श्री खन्ना ने लापरवाही बरतने वाले सभी कर्मचारियों का एक सप्ताह का वेतन भी रोकने का निर्देश दिया उन्होंने गोरखपुर के रामगढ़ताल परियोजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि शत प्रतिशत कार्य समय अनुसार पूर्ण हो जाने चाहिए

लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस आरक्षियों के लिये आठ अक्टूबर से चल रहे बारह दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में आज तनाव प्रबंधन और कार्य जीवन संतुलन विषय पर दो सौ आरक्षियों को प्रशिक्षित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज बरेली के आठ वाहिनी पीएसी के सेनानायक अजय कुमार ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा अपने आठ वर्ष लम्बे इंजीनियरिंग और पुलिस क्षेत्र के अनुभवों को आरक्षियों के साथ साझा किया उन्होंने समझाया कि कार्य पद्धति में उनके अनुभवों को आत्मसात कर आरक्षी बेहतर परिणाम दे सकते हैं उन्नीस अक्टूबर तक चलने वाले इस कोर्स का उद्घाटन प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने किया था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

शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन आज माँ गौरी की पूजा अर्चना की जा रही है प्रदेशभर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन पूजन कर रहे हैं मिर्जापुर जिले म स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल धाम में नवरात्रि मेले में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ है विन्ध्याचल का नवरात्रि मेला अपने चरम पर है उधर सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित माँ ललिता देवी मंदिर और वाराणसी के दुर्गा कुंड पर भी श्रद्वालुओं की लम्बी कतारें लगी है पूर्वी उत्तर प्रदेश म गोरखपुर जिले के ग्रामीण अंचल में स्थित तरकुलहा देवी मंदिर और महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी नवरात्रि मेले में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है उधर दुर्गा पूजा महोत्सव भी जोरो पर चल रहा है विभिन्न पंडालों द्वारा भगवतो जागरण सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान किये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं एक टवीट सदेश में श्री मोदी ने कहा कि माँ दूर्गा सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाये और समाज से बुराई का अंत हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी पर्व की हार्दिक बधाई दी है उन्होंने प्रदेशवासियों से इन पर्वो को पारम्परिक सदभाव और साहार्द के वातावरण में मनाने की अपील की प्रदेश भर में आज नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी को श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना हवन के साथ कन्याओं को भोजन करा कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं राज्य में इस धार्मिक अनूष्ठान को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जोड़ दिया गया है विभिन्न जिलों में इस अवसर पर सामूहिक कन्या भोज का आयोजन प्रशासन की ओर किया गया है फिरोजाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज पांच हजार एक सौ कन्याओं के पूजन एवं भोज का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया कन्याओं को स्वच्छता अभियान से भी जोड़ते हुए स्वच्छता किट दी गई पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट फिरोजाबाद के पीडी जैन कॉलेज के मैदान में सामूहिक कन्या भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया

जिलाधिकारी नेहा शर्मा मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन सहित जिले के विभिन्न अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक हवन किया और कन्याओं को भोज कराया कन्याओं को भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए फल भी खिलाये गये जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस मौके पर बेटियों को पढ़ने एवं देश में अपनी पहचान बनाने के लिए जागरूक किया उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद का यह कार्यक्रम प्रदेश भर में सबसे बड़े स्तर पर आयोजित किया गया लियाकत अली आकाशवाणी समाचार फिरोजाबाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस अवसर पर बालिका शिक्षा आर जागरूकता को बढ़ाने के लिए कन्या प्रजन कार्यक्रम आयोजित किये गये गोण्डा में जिलाधिकारी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक हजार एक सौ एक कन्याओं का पूजन किया गया शहर के शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन और नारों के साथ रैली निकाली गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दोगुना करने के सपने को पूरा करने के लिए बिजनौर जिले के नगीना स्थित धान अनूसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिकों ने धान की एक नई प्रजाति विकसित की है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट धान अनुसंधान कोन्द्र के वैज्ञानिकों ने कम समय में अधिक फसल देने वाली धान की नई प्रजाति विकसित की है

प्रसा बासमती की अपेक्षा इसका दाना पतला और चावल अधिक लम्बा होता है अतुल गर्ग आकाषवाणी समाचार बिजनौर

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कृषि कुम्म की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कृषि कुम्भ में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी भाग लेंगे बैठक में प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कृषि कुंभ में पार्टनर राष्ट्र के रूप में जापान और इजराइल ने भाग लेने की सहमति दे दी है जापान की ओर से वहां के उपमंत्री तथा इजराइल की ओर से वहां के भारत में राजूदत भाग लेंगे